प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में उभरते खुलेपन अवसरो और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है अमरीका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में कल उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला तथा सूधारवादी बनाने के प्रयास हुए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि देश में पचास करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य पचास करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं श्री मोदी ने यह भी कहा कि फाइव जी बिग डेटा एनालिटिक्स क्वान्टम कम्प्यूटिंग ब्लॉक चेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश के काफी अवसर हैं

श्री मोदी ने कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पूवोत्तर में भारत की आर्थिक वृद्धि का इंजन बनने की क्षमता है

भारत कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है

कोयला क्षत्र की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में किय गये सुधारों से यह क्षेत्र विश्व प्रतिस्पर्घा में टिके रहने योग्य हो गया है उन्होंने वाणिज्यिक रूप से कायला खनन की इजाजत देने क केन्द्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे भारत की आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी बाइट खदान पर देश का अधिकार है देश की जनता का अधिकार है खदान विकास की द्योतक है परंतु इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में खदान है जो वहां से विस्थापित किये जाते हैं इनके कल्याण की भी देश की सरकार को ही सोचनी चाहिए कोयले का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहां पड़ा है और कोयला हम इम्पोर्ट करें इम्पोर्ट कोयला जितना भी होता है वो दुनिया में हमारी अक्षमता को उजागर करता है आत्मनिर्भरता के नरेन्द्र मोदी जी के नारे को चरितार्थ करना है तो कोयले के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी खनन कर कर आयात को लगभग शून्य करना पड़ेगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में वोडिया कॉफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली को शुरूआत की

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि अब लोग अपने मोबाइल फोन से इस पास के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने फोन पर ही ई पास प्राप्त कर सकते हैं राज्यपाल और कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर जय प्रकाश पाण्डेय को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर का कुलपति नियुक्त किया है प्रोफेसर पाण्डेय की नि्यक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिये रखी गई है इसके साथ ही उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह और महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार श्रक्ला का कार्यकाल एक माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक विस्तारित कर दिया है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिये टेस्टिंग क्षमता में लगातार वृद्धि करने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं उन्होंने डोर टू डोर सर्वे के कार्य में तेजी लाते हुए इसके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों की मेडिकल स्क्रोनिंग कराने के निर्देश दिये है

उन्होंने कहा कि सरकार शुरू से ही ऊर्जा सेक्टर के विकास को प्राथमिकता दे रही है मुख्यमंत्री आज केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह के साथ एक बैठक में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में व्यापक स्तर पर विद्युतीकरण कराया गया है

आत्मनिर्भर भारत विशेष पैकेज से हर क्षेत्र में लोगों को लाभ मिल रहा है प्रतापगढ़ जनपद में इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सुंदर सुदर राखी तैयार कर रही है इनका मकसद है कि लोग चीन निर्मित राखियों के बजाय देसी राखी का इस्तेमाल करें

एक रिपोर्ट डिस्पैच भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता से शुरू की गई यह योजना जिले की ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है

आत्मनिर्भर भारत जैसी याजना शुरू करने के लिए यह महिलाएं केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त कर रही है लाभार्थी मालती विश्वकर्मा की बाइट भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से हम महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरू किया है कोरोना काल में भी इस काम से मिल रही राशि परिवार के भरण पोषण में काम आ रही है जिसके लिए हम समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त कर रही हूं अजितेश त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार प्रतापगढ़

और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दोनों महान स्वाधीनता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि दी है आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है

इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को अपनी शुभकामनाएं दीं